यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान कही

जयराम ठाकुर ने माना कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन के बाद आई दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने निकट भविष्य में लोकनिर्माण विभाग के मंडलों का नए सिरे से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है हालांकि इस निर्णय को स्थानीय लोगों की राय के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा इस संबंध में सुखराम चौधरी ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे सड़कों के रखरखाव संबंधी विधायक जवाहर ठाकुर और होशियार सिंह के एक संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य में ग्रामीण विकास और वन विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों के रखरखाव के लिए बजट का प्रावधान करेगी

हालांकि इसमें मल्टी एक्सल और भारी वाहन फिलहाल इस मार्ग नहीं गुजर पाएंगे

मुख्यमंत्री ने माना कि इस सड़क के टूटने से लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है जयराम ठाकुर ने कहा कि रामपुर बुशहर में बाईपास निर्माण का मामला सरकार के विचाराधीन है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार जल्द ही सभी मछआरों को लाइफ सेविंग जैकेट उपलब्ध करवाएगी

उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने टैंडर करवा लिए हैं सुरेश भारद्वाज प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों से शिक्षकों द्वारा छेड़छाड़ के मामले में नौकरी से बर्खास्त करने के लिए उनके भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधन करेगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा इस संबंध में हरोली क्षेत्र का मामला उठाये जाने पर ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि हरोली के आरोपी शास्त्री शिक्षक को मामला सामने आते ही तुरंत निलंबित कर दिया है और उसका मुख्यालय भी ऊना जिला से बाहर फिक्स किया गया है शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में भी स्कूली बच्चों को जातीय आधार पर अलग अलग बिठाने का मामला सामने आया है इस संबंध में उपनिदेशक मंडी से रिपोर्ट तलब की गयी है और रिपोर्ट आते ही इस मामले में आज ही कार्रवाई होगी शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों में खासकर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई और कहा कि इसमें कुछ ऐसे शिक्षक भी शामिल पाए गए हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिले हैं प्रतिनिधिमण्डल चंबा जिला के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के नेतृत्व में आज धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिष्टाचार भेंट की प्रतिनिधिमंडल ने जिले में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया जयराम ठाकुर ने नवनिर्वाचित जिला भाजपा अध्यक्ष योगराज शर्मा को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में चंबा जिला में पार्टी और मजबूत होगी इस बीच विधायक मुलखराज प्रेमी की अध्यक्षता में कांगड़ा जिले के बड़ा व छोटा भंगाल क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ने का आग्रह किया ताकि लोगों को आवाजाही की सुविधा मिलने के अलावा पर्यटन को बढ़ावा मिल सके मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया